कांग्रेस डीएम के तणमुल कांग्रेस और शिवसेना सहित सभी प्रमुख दलों ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के उस प्रस्ताव का समर्थन किया जिसमें ओम बिड़ला का नाम अध्यक्ष पद के लिए प्रस्तावित किया गया था बाद में कार्यवाहक अध्यक्ष वीरेन्द्र कमार ने ओम बिडला के लोकसभा अध्यक्ष निर्वाचित किए जाने की घोषणा की इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने बिड़ला को बधाई देते हुए कहा कि उन्होंने अपना सारा जीवन जनसेवा में लगा दिया मंत्रिमंडल राज्य सरकार ने पंचायती राज संस्थाओं के प्रतिनिधियों का मानदेय बढाने का निर्णय लिया है मुख्यमंत्री जयराम ठाकर की अध्यक्षता में आज शिमला में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में इन प्रतिनिधियों का मानदेय इस वर्ष पहली अप्रैल से बढ़ाने पर मुहर लगाईे गई

बैठक में उज्जवला गुहिणी सुविधा योजना के लाभार्थियों को एक अतिरिक्त रिफिल गैस सिलेंडर मुफत देने का भी फैसला लिया गया

इसके अलावा विभिन्न विभागों में अलग अलग श्रेणियों के पद भरने को भी स्वीकृति दी गई राज्यपाल राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने आज नगर निगम शिमला द्वारा रिज मैदान के साथ लगते क्षेत्र में आयोजित स्वच्छता अभियान का शुभारंभ किया बाद में पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत में राज्यपाल ने कहा कि वैश्विक उष्मीकरण एक गंभीर चुनौती बन गया है और पर्यावरण सुरक्षा के लिए प्रभावी कदम उठाए जाने की जरूरत है आचार्य देवव्रत ने कहा कि प्रदेश में हर वर्ष लाखों पर्यटक पहुंचते हैं और पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए शहरों और कस्बों को साफ सुथरा रखा जाना चाहिए राठौर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष क्लदीप राठौर ने कहा है कि पार्टी को बूथ स्तर पर मजबूत किया जाएगा और युवाओं को पार्टी के साथ जोड़ने के लिए जल्द ही एक बड़ा अभियान चलाया जाएगा शिमला जिले के ठियोग में आज पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बातचीत में उन्होंने कहा कि लोकसभा चनाव में मिली हार से निराश होने की जरूरत नहीं है और कार्यकर्ता पुरे आत्मविश्वास के साथ लोगों के बीच जाएं राठौर ने कार्यकर्ताओं से अनुशासन में रह कर पार्टी की मजबूती के लिए कार्य करने का आहवान भी किया स्ट्राईक मण्डी जिले के स्वास्थ्य केन्द्र थाची में महिला डॉक्टर से कथित छेड़छाड़ व मारपीट के खिलाफ कुल्लू जिले के सभी सरकारी अस्पतालों में चिकित्सकों ने आज दो घंटे की पैन डाउन स्ट्राईक की हिमाचल मैडिकल ऑफिसर एसोसिएशन के आहवान पर ये हडताल की गई डॉक्टरों ने आरोपी को जल्द पकड़ने और सभी अस्पतालों में कार्यरत डॉक्टरों व स्टाफ की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की है

इस दौरान सैकड़ों की संख्या में लोगों ने उन्हें अश्रपूर्ण विदाई दी पंचायतीराज मंत्री वीरेन्द्र कंवर ने राज्य सरकार की ओर से पार्थिव शरीर पर पुष्प अर्पित किए

कृषि निदेशक राजेन्द्र कुमार वर्मा ने बताया कि इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए कृषि सामग्री के समुचित और व्यापक प्रबंध किए गए हैं उन्होंने कहा कि किसानों को खाद्यान दलहन तिलहन और सब्जी के बीज सहित कीटनाशक दवाईयों व पौध संरक्षण उपकरणों पर उपदान दिया जा रहा है

राज्य स्तरीय योग दिवस समारोह शिमला के ऐतिहासिक रिज मैदान पर आयोजित होगा इस दौरान स्कूली बच्चे और स्थानीय लोग योग क्रियाएं करेंगे इसी तरह जिला स्तर पर भी योग दिवस कार्यक्रम आयोजित होंगे बिलासपुर में जिला स्तरीय योग दिवस कार्यक्रम लुहणू मैदान में आयोजित होगा जिसे लेकर तैयारियां की जा रही हैं